आज सुबह बैंकॉक में भारत आसियान शिखर बैठक के सोलहवें अधिवेशन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आसियान के साथ संपर्क भारत की एक्ट ईस्ट नीति और रणनीति का महत्वपूर्ण अंग रहा है बाइट मैं भारत और आसियान के बीच इंडियो पैसिफिक आउटलुक के आपसी समन्वाय का स्वाबगत करता हूं भारत की एक्ट ईस्ट पालिसी हमारे इंडो पैसिफिक रिजन का एक महत्वपूर्ण भाग है आसियान हमारी एक्ट ईस्ट पालिसी का मर्म है और सदैव रहेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि समन्वित संगठित और आर्थिक रूप से विकसित आसियान भारत के ब्रनियादी हित में है श्री मोदी ने कहा कि संपर्क का विस्तार और भारत आसियान एकीकरण एक्ट ईस्ट नीति की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं बाइट हम और मजबूत सर्फेस मैरीटाइन और एयरकनैक्टविटी तथा डिजिटल लिंक के माध्यम से अपनी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है

हमारा इरादा अध्ययन अनुसंधान व्यापार और टूरिज्म के लिए लोगों के आवागमन को बहुत बढ़ाने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कृषि विज्ञान इंजीनियरिंग अनुसंधान व्यापार और पर्यटन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण में भागीदारी के लिए तैयार है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आसियान शिखर बैठक के अवसर पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओ चा और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदा के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं

नवाचार और स्टार्ट अप पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कारोबारियों का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कारोबार को सुगम बनाने संबंधी विश्व बैंक की अपनी रैंकिंग में सुधार किया है

राज्य बिजली निगम के दो अधिकारियों को कल इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया

इस संबंध में लखनऊ के हजरतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब तक सीबीआई मामले को हाथ में नहीं लेती तब तक उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले की तहकीकात करेगी सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ इस बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार बिजली क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर अंकृश लगाने को लेकर गंभीर है श्री शर्मा ने एक समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा कि पिछले लगभग छः सालों के दौरान वाराणसी आगरा मेरठ और लखनऊ सहित अन्य जगहों पर बिजली विभाग में हये सभी कार्यों और परियोजनाओं का ऑडिट कराया जा रहा है जिससे यह पता लगाया जा सके कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है

श्री राठौर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि तकनीक के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास किया जायेगा

और जो वाहने है

इसके अतिरिक्त मेट्रो हमारी लखनऊ में चल रही है उसी प्रकार की योजन कानपुर आगरा और शहरों के लिए चल रही है जब यह समाधान होगा तब धीरे धीरे वायु प्रदूषण कम होगा इस बीच बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गौतमबुद्धनगर मेरठ और हापुड़ में कक्षा बारहवीं तक के सभी स्कूलों को पांच नवम्बर तक बन्द करने का आदेश जिलाधिकारियों ने दिया है

अर्घ्य देने के बाद वतियों ने छत्तीस घंटे से जारी निर्जल उपवास तोड़ा और प्रसाद का वितरण किया वाराणसी में बड़ी संख्या में छठ वतियों और श्रद्वालुओं ने गंगा घाटों पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और पूजा अर्चना की और विवरण हमारे प्रतिनिधि से डिस्पैच वाराणसी के दशाश्वमेध राजेन्द्र प्रसाद और अस्सी घाट सहित विभिन्न गंगा घाटों पर छठ पूजा के लिए जिला प्रशासन और नगर पालिका परिषद द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गयी डीरेका के सूर्य सरोवर सहित गंगा घाट के दोनों किनारों को रोशनी से आकर्षक ढंग से सजाया गया छठ व्रतियों ने प्रजा अर्चना कर लोगों के बीच ठेकुआ खजुरी और अन्य फलों का प्रसाद वितरित किया

मनोज त्रिपाठी आकाशवाणी समाचार वाराणसी कुशीनगर में भी सूर्य उपासना का चार दिवसीय छठ पर्व श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हो गया डिस्पैच आज ब्रह्म मुहूर्त से ही जिले के विभिन्न नदियो और सरोवरो और नहरो के किनारे बने छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जिले के तुर्क पट्टी स्थित प्राचीन सूर्य मन्दिर में श्रद्वालुओं ने पूजा अर्चना की

विवेक पाण्डे आकाशवाणी समाचार कुशीनगर जौनपुर गाजीपुर प्रयागराज गोरखपुर देवरिया और कानपुर देहात सहित विभिन्न जिलों में छठ पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गयी इस बीच आजमगढ़ जिले में अलग अलग स्थानों पर छठ पूजा के दौरान नदी और पोखरों में डूबने से चार लोगों की मौत हो गयी

पोर्ट लुई के अप्रवासी घाट पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्रीमती पटेल ने कहा कि अट्ठारह सौ चौंतीस में अंग्रेजों द्वारा भारत के गिरिमिटिया मजदूरों को दो नवम्बर को यहां भेजा गया था जिन्होंने यहां मजदूरी करते हुए कठिन जीवन बिताया

उन्होंने कहा कि इस हुनर हब का उद्देश्य स्थानीय परम्परागत कारीगरों के कौशल विकास के लिए काम करना है श्री नकवी कल प्रयागराज में हुनर हाट के उदघाटन के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रहे थे

रक्षामत्री राजनाथ सिंह और उजबेकिस्तान के रक्षामंत्री मेजर जनरल निजामोविच के बीच बैठक के बाद कल ताशकंद में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये रक्षामंत्री शंघाई सहयोग संगठन शिखर बैठक में भाग लेने के लिए उजबेकिस्तान की तीन दिन की यात्रा पर हैं